मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कुंभ के आयोजन से पर्यटन के क्षेत्र में जबरदस्त बढोत्तरी हो रही है और कुंभ खत्म होने तक राज्य पूरे देश में पर्यटन के मामले में पहले स्थान पर पहुंच सकता है कल से शुरू हो रहे विधानमंडल के बजट सत्र से पहले संसदीय पत्रकारिता संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सकारात्मक मीडिया रिपोर्टिंग के जरिये कुंभ और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का सफल आयोजन प्रदेश सरकार ने किया है उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वह सकारात्मक आलोचना को आगे बढ़ाये क्योंकि उनकी सकारात्मक लेखनी लोकतंत्र को नई दिशा दे सकती है बाइट आपका रचनात्मक सहयोग आपकी सकारात्मक लेखनी के माध्यम से बहुत कुछ संदेश दे सकती है और मुझे विश्वास है कि जो आपकी बड़ी भूमिका है वह शब्दों में व्यक्त करना कठिन है और मैं आपसे केवल यही कहूंगा कि आपकी सकारात्मक लेखनी संसदीय लोकतंत्र को एक नई दिशा दे सकती है इसे आमजन के विश्वास का प्रतीक बना सकती है जन जन की आकांक्षाओं का प्रतीक बना सकती है शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन सकती है संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि भारत में जनतंत्र की बेहद प्राचीन परम्परा रही है और यहां तक आध्यात्मिक जनतंत्र का इतिहास भी इस भारत भूमि पर मिलता है उन्होंने पत्रकारों से सदन की अच्छी बातों को भी प्रमुखता दिये जाने का आहवान किया संगोष्ठी में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना सूचना राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी नेता अपना दल नीलरत्न पटेल बसपा नेता लालजी वर्मा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे इकबाल महमूद और वरिष्ठ पत्रकार तथा पूर्व राज्यसभा सदस्य राजनाथ सिंह सूर्य सहित बड़ी संख्या में पत्रकारों ने हिस्सा लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न चिकित्सकों को संवेदनशील बनने की सलाह देते हुए कहा है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर करने के लिये संसाधन तो दे सकती है लेकिन चिकित्सकों को अपने पेशे के प्रति संवेदनशील स्वयं बनना होगा

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बलरामपुर अस्पताल में एमआइआई भवन आईसीयू जीरियाट्रिक वार्ड और सोलह सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण भी किया केन्द्रीय मंत्री और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रभारी जपी नड्डा तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर एक माह तक चलाये जाने वाले व्यापक अभियान संकल्प पत्र भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम का शुभारम्भ किया इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा आंतरिक लोकतंत्र और विचार धारा की बुनियाद पर चलने वाला राजनैतिक दल है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षो के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरूआत की है इसके तहत लोगों को सड़कों के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिये कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

विदेश मंत्रो सुषमा स्वराज और सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी स्मृति से मोटरकार रैली को रवाना किया यह रैली महात्मा गांधी से ऐतिहासिक रूप से जुड़े बांग्लादेश और म्यांमा के महत्वपूर्ण स्थलों तक जायेगी यह रैली सात हजार दो सौ पचास किलोमीटर की दूरी तय कर चौबीस फरवरी को म्यामां के यांगून में सम्पन्न होगी

राज्य विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है

राज्य की योगी सरकार इस साल पांच लाख करोड़ से ज़्यादा कर का बजट पेश कर सकती है पिछले साल लगभग इतनी ही धनराशि का बजट राज्य विधानसभा में पारित किया गया था प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने आकाशवाणी संवाददाता सुशील चन्द्र तिवारी से विशेष बातचीत में बताया कि बजट में किसानों के हितों को प्राथमिकता के केन्द्र में रखे जाने के साथ साथ हर वर्ग के लोगों के कल्याण का ध्यान रखा जायेगा बाइट भारत वर्ष के अन्दर कृषि को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा किसान जब तक जो है वह धन धान्य और सुख नहीं प्राप्त करेगा तब तक कुछ भी नहीं हो पायेगा तो स्वाभाविक आता है कि किसान भी होगा तो उसमें युवा भी होगा तो उसमें महिलाएं भी होंगी तो उसके अन्दर यहां के उद्यमी भी होंगे उद्यम भी होगा

हमारे संवाददाता ने बताया कि शाही स्नान के लिये सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किये गये हैं तथा कई हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फैला कुंभ मेला मिनी इंडिया की तरह नजर आ रहा है डिस्पैच प्रयागराज कुंभ में श्रद्धालुओं का गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के पवित्र संगम तट और आसपास के क्षेत्रों में आस्था और विश्वास की डुबकी लगाने का क्रम आज बड़े सबेरे ही शुरू हो गया था कभ में महानिर्माणी और अटल अखाड़ों के साधु और संतों ने भोर पहर में सबसे पहले संगम पर बने घाटों पर पवित्र डुबकी लगाई

प्रयागराज कुंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक सबसे अच्छा उदाहरण साबित हो रहा है यहां कलाग्राम संस्कृति ग्राम पंडाल भारत की एकता की गवाही देते नजर आ रहे है इन अखाड़ों के संतों और साधुओं का नृत्य और प्रदर्शन और भभूत लपेटे नागाओं की तलवारबाजी और त्रिशूल युद्ध लोगों के आकर्षण का केन्द्र बने हैं श्रऋालुओं के सुरक्षित स्नान के लिये यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं

आज विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के प्रति शिक्षित और सचेत करने के साथ ही सरकारों और व्यक्तियों पर दबाव बनाकर हर साल इस घातक बीमारी से लाखों लोगों को सुरक्षित रखना है